रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेल विभाग उन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है जो टिकटों की ब्रिंग के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते है

उन्होंने कहा कि रेल डिब्बों को आइसोलेशन डिब्बों में बदलने का विचार भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था और रेल व स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करते के बाद पांच हजार रेल डिब्बों को आइसोलेशन डिब्बों में परिवर्तित किया गया है पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साबित पात्रा के साथ एक वीडियो विचार चर्चा में मंत्री ने कहा कि देश भर में कल से एक लाख सत्तर साम्दायिक सेवा केन्द्र पर टिकटों की ब्किंग श्रू हो जायेगी उन्होंने हजार कहा कि आगामी दो तीन दिनों में रेलवे स्टेशनों पर भी टिक्टों की ब्किंग प्न श्रू हो जायेंगी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल शाम सात बजे सभी सामुदायिक रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब होंगे

यह बातचीत हिन्दी और अंग्रेजी दो भागों में होगी आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर हिन्दी में यह प्रसारण शाम साढ़े सात बजे और अंग्रेजी में पौने नौ बजकर दस मिनट पर सूना जा सकेगा इस बातचीत के दौरान श्री जावड़ेकर साम्दायिक रेडियो के श्रोताओं के सवालों के जवाब भी देंगे

अंधेपन को दूर करने बारे राष्ट्रीय कार्यक्रम की निदेशक डा ऊषा ग्प्ता ने पंचकूला में हमारी संवाददाता को बताया कि इन नेत्रदान केन्द्रों की स्थापना दृष्टिहीनता और दृश्य दूर्बलता पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत की जा रही है उन्होंने बताया कि इससे पहले राज्य के तीन जिलों फरीदाबाद हिसार और यम्नानगर मे ही यह स्विधा उपलब्ध है

सभी लोगों को जाने से पहले मासक सैनेटाइज़र और खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया

वहां से उन्हें विशेष श्रमिक रेलगाड़ी से किशनगंज भैजा जायेगा

इस रेलगाड़ी से अम्बाला व यमुनानगर के प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया है

इन श्रमिकों की मेडिकल जांच यम्नानगर मे ही की गई जाने से पहले उन्हें मास्क सैनेटाज़र और खानेपीने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष म्लाकात में बताया कि हवाई उड़ानों के अलावा भारतीय नागरिकों को समुद्र के रास्ते से भी स्वदेश लाया गया है और अब ज़मीनी मार्ग से लाने की तैयारियां भी की जा रही है

उसकी जांच दिल्ली में हई है क्योंकि वह सिरसा गई थी इसलिए एहतियात के तौर पर उसे पड़ोसियों की जांच भी की जा रही है

पलवल प्लिस की एक टीम इस नाबालिग लड़की को लेकर राजस्थान में उसके घर के लिए रवाना हो गई है

तक पहंचा जहां प्लिस अधीक्षक ने बताया कि ये लड़की फतेहपुर सिकरी के गांव ऊंधेरी की रहने वाली है उसे लेकर गई महिला प्लिसकर्मी मौजिज लोगों से जांच पड़ताल के बाद उसे परिवार के हवाले करेगी आज आंतकवाद विरोधी दिवस मनाया गया पंचकूला स्थित हरियाणा प्लिस मुख्यालय में प्लिस महानिदेशक मनोज यादव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजद्गी में सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने आंतकवाद के विरूद्व शपथ ली हरियाणा के परिवहन मंत्री मूल चंद शर्मा ने भी आज आंतकवाद और हिंसा जैसी ब्राई का डटकर सामना करने और देश की एकता व अखंडता को बनाये रखने की शपथ ली रोहतक भिवानी पलवल पंचकूला सचिवालयों में भी आंतकवाद विरोधी दिवस मनाये जाने की सूचना मिली है हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूल मुखियाप्रभारी एवं डाइट के प्रधानाचार्यो को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी स्कूलों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय समयान्सार खोलेने के निर्देश दिये है उन्होंने बताया कि स्कूल म्खियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाने मास्क लगाने सैनेटाइजर आदि का प्रयोग कर स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया हैं